अत्यधिक वर्षा से रिथति को बिगड़ता देख सेना को बुलाया गया है यहां एनडीआरएफ की दो युनिट भी मदद के लिये पहुंच रही हैं इधर राजधानी भोपाल में निचली बस्तियों को खाली कराया गया है सीहोर जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं

उधर बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र की सुखी और धार नदी उफान पर रहने से कल शाम से नागपुर भोपाल राजमार्ग पर आवागमन अवरूद्ध है पन्ना शिवपुरी नरसिंहपुर और रायसेन में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये

श्री नायडू ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है